लोकसभा में राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितताओं और कुछ अन्य मुद्दों की वजह से हंगामा हुआ दो बार के संक्षिप्त स्थगन के बाद सदन की फिर बैठक शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे के बारे में सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए वामदलों राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद और अन्य सदस्य भी उठकर शोर मचाने लगे ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य भी कावेरी नदी पर बांध बनाने के विरोध में और कावेरी थाले के किसानों के जीवन की रक्षा के सवाल तथा तेलगु देशम पार्टी के सदस्य राज्य पुनर्गठन कानून दो हजार चौदह के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वित्तीय पैकेज दिए जाने को लेकर सदन के बीचोबीच में पहुंच गये शिवसेना के सदस्यों ने अयोध्या में मंदिर बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया शोरगुल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी उधर राज्यसभा में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और डीएमके सदस्यों के तमिलनाड् में कावेरी थाले के किसानों को संरक्षण देने की मांग के कारण सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई

इन शहीदों ने दो हजार एक में आज ही के दिन संसद भवन पर हए हमले में अपने जीवन का बलिदान दिया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन परिसर में इन शहीदों को श्रद्वांजलि दी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सुषमा स्वराज अरूण जेटली तथा राजनाथ सिंह सहित केन्द्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शहीदों को पुष्पांजलि दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि नफरत और आतंक की शक्तियों ने भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को निशाना बनाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि तेरह दिसंबर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करने का दिन है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कायराना हमले में शहीद होने वाले बहाद्रों को याद करते हये कहा कि उनका साहस और उच्च आदर्श समी भारतीयों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि उन्नत तकनीक से निजता और नियमन के क्षेत्रों में नई चुनौतियां भी सामने आई हैं श्री खरे मनोरंजन और मीडिया उद्योग में बौद्धिक सपंदा अधिकार और साहित्यिक चोरी के मुझें पर नई दिल्ली में एसोचैम की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री खरे ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में तीस प्रतिशत वृद्वि हुई है इसमें हर वर्ष डेढ़ लाख और रोजगार जुटाने की क्षमता है उन्होंने कहा कि इस उद्योग को साहित्यिक चोरी से बचाना सरकार की प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज सहित सभी भगोड़े आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है इससे पहले पुलिस इस मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू फौजी को गिरफ्तार कर चुकी है बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है अब तक ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है विशेष जांच दल एसआईटी इस मामले की पड़ताल कर रहा है मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने अधिकारियों को नोएडा में निवेश के लिये प्रस्तावित परियोजनाओं के निवेशकों को प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित करने का निर्देश दिया है श्री पाण्डेय लखनऊ में इंवेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने उद्यान प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों को और अधिक सुविधायें देने के लिये मौजूदा प्रसंस्करण नीति में संशोधन किये जाने के लिये जरूरी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग से संबंधित एमओयू की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं में निवेश करने वालों को बिजली आपूर्ति विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय दरों पर कराई जाये प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुयी दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यु हो गयी सहारनपुर में बड़गांव रामपुर मनिहारन मार्ग पर रेड़ा गांव के निकट कल देर रात एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गयी जिससे तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी बस्ती जिले के गौर क्षेत्र में आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से दो लोगों की मौत होने की खबर है